विधानमंडल का सत्र अठाईस जून से हो रहा है शुरू

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में दिमागी बुखार से हो रही बच्चों की मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि ये हमारी बड़ी विफलता है उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर इन इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के प्रयास करने चाहिए प्रधानमंत्री राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद जवाब दे रहे थे

संदिग्ध दिमागी बुखार एईएस से पिछले चौबीस घंटों के दौरान तीन और बच्चों की मौत के बाद इस बीमारी से मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर एक सौ सतासी हो गयी है पूर्वी चम्पारण और रोहतास में एक एक बच्चों की मौत की खबर है वहीं कटिहार के सदर अस्पताल में एईएस के लक्षण से पीड़ित एक बच्चे ने दम तोड़ दिया जबकि दो बच्चों की रिथति गंभीर बतायी जा रही है सारण जिले में भी दिमागी बुखार का एक संदिग्ध मामला सामने आया है इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि केंद्र सरकार की विभिन्न पहल से बिहार में दिमागी बुखार से मरने वाले बच्चों की संख्या में तेजी से गिरावट आयी है एईएस से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि रक्त गैस इलेक्ट्रोलाइट्स और लैक्टेट जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों की निगरानी के लिए मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच अस्पताल में लगातार चलने वाले देखरेख परीक्षण सुविधा केन्द्र की स्थापना की गयी है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि गहन बाल चिकित्सा इकाई में डायग्नोस्टिक सुविधाओं को भी मजबूत किया गया है राज्य के विभिन्न जिलों में संदिग्ध दिमागी बुखार एईएस से हो रही बच्चों की मौत मामले में हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया पटना के गर्दनीबाग में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी और दल के अन्य नेताओं ने एक दिवसीय धरना दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि दशकों बाद एक बार फिर केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार आई है राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अपने जवाब में उन्होंने कहा कि इस जनादेश में आम लोगों की स्थिर सरकार की चाहत देखी जा सकती है उन्होंने दोबारा देश की सेवा करने का मौका दिए जाने के लिए देश की जनता का आभार प्रकट किया प्रधानमंत्री ने कहा कि यह गर्व की बात है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मतदाता काफी जागरुक हो गए हैं साउंड बाईट कई दशकों के बाद दोबारा एक पूर्ण बहमत वाली सरकार बनना भारत के मतदाताओं के मन में राजनीतिक स्थिरता का महत्व क्या है एक परिपक्कव मतदाता की इसमें सुंगध महसुस होती है और ये सिर्फ इस चुनाव में हुआ है ऐसा नहीं है लगातार पिछले कुछ चुनाव जो भी हुए हैं देश में उसमें हमारे देश के मतदाताओं ने किसी भी दल को स्थान दिया लेकिन स्थिरता को बल दिया है ये अपने आप में लोकतंत्र की एक बहत ही सुखद निशानी है बेगूसराय वैशाली मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी शिवहर समस्तीपुर दरभंगा खगड़िया जमुई मधुबनी और पूर्णियां जिले में कई स्थानों पर आज हुई आंधी बारिश और वजपात के कारण तेरह लोगों की मौत हो गयी जबकि कई लोग घायल हो गये हैं बेगूसराय जिले में ठनका गिरने से एक युवक सहित पांच लोगों की मौत हो गयी वहीं पूर्णिया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत भटगामा में वज्रपात की चपेट में आने से एक बच्ची और दो महिलाओं की मौत हो गयी जबकि दो लोग गंभीर रूप से झुलस गये घटना के समय ये सभी लोग खेत में मूंग की फसल तोड़ रहे थे वहीं शिवहर जिले के पुरनहिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पकड़ी गांव में वज्रपात की घटना में एक किसान की मौत हो गयी इधर जमुई में दो और मधुबनी तथा खगड़िया जिले में वज्रपात से एक एक व्यक्ति की मौत हो गयी बारिश के कारण इन इलाकों में लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है जबकि राज्य के अन्य हिस्सों में प्रचंड गर्मी का प्रकोप जारी है राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिण और मध्य क्षेत्रों में आज अधिकतम तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहा साथ ही आर्द्रता बढ़ने से लोग उमस से परेशान हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस रविवार तीस जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों से अपील की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनें तथा द्रसरे लोगों को इसे सुनने के लिए प्रेरित करें एक वीडियो संदेश में श्री जावडेकर ने कहा कि यह एक अनूठा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित बनाना है बिहार विधान मंडल का सत्र अठाईस जून से शुरू हो रहा है विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों से सहयोग का अनुरोध किया है उन्होंने सर्वदलीय बैठक के दौरान सभी दलों से सत्र के दौरान जनहित के मुद्दे प्रमुखता से उठाने की अपील की बैठक में जदयू के श्रवण कुमार विजेन्द्र प्रसाद यादव भाजपा के अरूण कुमार सिन्हा राजद के अब्दुल बारी सिद्दिकी समेत अन्य दलों के प्रमुख नेता मौजूद थे विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने परसों से शुरू हो रहे सत्र के कवरेज में मीडिया से सकारात्मक भूमिका निभाने की अपील की है आज प्रेस सलाहकार समिति की बैठक में श्री चौधरी ने कहा कि सत्र के दौरान जो सदस्य मर्यादित तरीके से जनता की समस्याओं को सदन में रखते हैं उनको भी पर्याप्त कवरेज दिया जाना चाहिए बिहार विधान परिषद देश का पहला सदन है जिसने सदस्यों के संसदीय दायित्व के निर्वहन में सुविधा प्रदान करने वाली नेशनल ई विधान सेवा यानी नेवा का इस्तेमाल शुरू कर दिया है परिषद के कार्यकारी सभापति हारून रशीद ने आज बताया कि अठाईस जून से शुरू हो रहे सत्र से यह सुविधा नेवा सॉफ्टवेयर के माध्यम से सदस्यों को मिलनी शुरू हो जाएगी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हुई अलग अलग द्र्घटनाओं में ग्यारह लोगों की मौत हो गयी जबकि बीस से अधिक लोग घायल हो गये समस्तीपुर जिले के बंगरा थाना अंतर्गत चकबंगरी चेकपोस्ट के पास राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या अठाईस पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक कार को टक्कर मार दी इस हादसे में एक महिला समेत चार लोगों की मौत हो गयी वहीं राजधानी पटना के अगमकुंआ थाना क्षेत्र अंतर्गत कुम्हरार में तेज रफ्तार कार ने तीन बच्चों समेत चार लोगों को कुचल दिया दुर्घटना में तीन बच्चों की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया घटना से आक्रोशित लोगों की पिटायी से कार चालक की मौत हो गयी जबकि वाहन पर सवार एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया इधर नवादा जिले के कौआकोल थाना क्षेत्र अंतर्गत कलना जंगल के योगिया स्थान के पास करंट की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हो गयी जबकि अठारह लोग घायल हो गये घायलों में छह की हालत गंभीर बतायी जा रही है शिवहर के जिलाधिकारी अरशद अजीज ने जिले में खराब पड़े सभी सरकारी चापाकल को शीघ्र ठीक कराने की आदेश दिये हैं इसके साथ ही क्षतिग्रस्त बागमती तटबंध की मरम्मत का काम एक सप्ताह के अंदर पूरा करने को कहा है दरभंगा रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर एक पर कोलकाता से दरभंगा आ रही गंगा सागर पैसेंजर ट्रेन से शराब और विदेशी करेंसी के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया पश्चिम चंपारण के नवलपुर दियारा क्षेत्र का इनामी डकैत उमा चौधरी उर्फ हरेन्द्र चौधरी समेत सात अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया अंतर्राष्ट्रीय नशामुक्ति दिवस के अवसर पर आज भोजपुर जिले के कोईलवर प्रखंड अंतर्गत सभी सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों ने प्रभात फेरी निकालकर नशामुक्ति के लिये लोगों को जागरूक किया बेगूसराय के बरौनी रिफाइनरी स्टेडियम में खेले गये इंटर जोनल अंडर ट्वेंटी थ्री क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबले में साउथ जोन ने सेंट्रल जोन को इकतालीस रनों से हरा दिया टूर्नामेंट का आयोजन बिहार क्रिकेट संघ द्वारा किया जा रहा है

विधानमंडल का सत्र अठाईस जून से हो रहा है शुरू